सहयोगी शिक्षक को सश्रम उम्र कैद और अर्थदंड की सजा

और आज बसंत पंचमी है

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

साथ ही एक लाख पांच हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है वहीं इस मामले में एक अन्य दोषी और प्राचार्य के सहयोगी स्कूल शिक्षक अभिषेक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास और पचास हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है न्यायालय ने बिहार आपराधिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत पीड़िता को पन्द्रह लाख रूपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है राज्य में कल बारह हजार एक सौ एक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड महामारी से बचाव का दूसरा टीका लगाया गया इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक सोलह जनवरी को दी गई थी इसी दिन देशभर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी कुल चार लाख पंचानवे हजार सात सौ बानवे लाभार्थियों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है राज्य के किसी हिस्से से इस टीके के दुष्प्रभाव की खबर नहीं है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि तीसरे चरण के कोरोना टीकाकरण को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किये जाने का इंतजार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में पचास वर्ष से अधिक उम्र और पचास से कम उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्ति लोगों का टीकाकरण किया जायेगा केद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार पचास वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय अठारह टीकों का विकास विभिन्न चरणों में है और इन्हें शीघ्र ही इस्तेमाल में लाना शुरू किया जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इन्कार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मृत्यु हुई है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के बजट में सरकार ने कोविड उन्नीस टीके के लिए पैंतीस हजार करोड रुपये का प्रावधान किया है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस महामारी से देश की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था मजबूत हुई है क्योंकि देश ने आपदा को अवसर में बदला है

इस बजट के माध्यम से भविष्य की नींव रखने की कोशिश की गई है यहां इस प्रकार की त्रासदी कमी भी भारत में आए किसी भी विमारी के माध्यम से आए किसी भी वायरस के माध्यम से आए तो हम उसको इस समय के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए और वेहतर ढंग से फेस करने के लिए फ्यूचर रेड्डी हों यही इस बार के बजट का बह्त बड़ा संदेश है कोविड उन्नीस टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने बताया है कि कोविड का दूसरा टीका लगने के बाद ही वायरस से लड़ने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है

पहली खेज से इम्प्रनिटी बननी झुरू होती है और दूसरी ळोज से ब्रूस्ट मिल जाता है और एंटीबॉजी जो रिसपॉन्स है और बाकी की जो रिस्पॉन्सिज है यो एक ही अलग डाइमेरान पे अलग ऑर्विट में पूरा फायदा एंटीबॉजी के तौर पे मिल जाता है

नई दिल्ली के अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज बाथला ने बताया कि सर्जरी करा रहे लोगों के लिए कोरोना का टीका लगवाना आवश्यक नहीं है

बाकी वैक्सीन वैसे जब टर्नवाइज आए ऑप्सन तो लगवा लेना चाहिए और कैंसन पेसेंट को भी उसमें लगवाने के लिए कोई मनाही नहीं है वल्कि दे आर अ हाईरिस्क युप लेकिन हां कीमो थैरेपी के दौरान अगर किसी का प्लेटलेट काउंट कम हो गया है या इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उस समय तो नही लगवाना है वो डॉक्टर से सलाह करके ही लगवाना है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर निन्यानवे दशमलव एक आठ प्रतिशत हो गयी है पटना में पिछले चौबीस घंटे के दौरान तेरह नये मामलों की पुष्टि हुई है अब तक दो लाख उनसठ हजार से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हो चूके हैं कोविड उन्नीस के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर छह सौ चौबीस रह गयी है केन्द्र सरकार ने पत्रकार कल्याण समिति के अंतर्गत देश भर में कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला किया है इन सभी पत्रकारों के परिजनों को पांच पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी सरकार ने कोरोना से मृत पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए पत्रकार कल्याण कोष में डेढ़ करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधन किया है इसके तहत उनतालीस पत्रकारों को आर्थिक सहायता दिया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब सेवन मामले में दोषी पाये जाने पर पुलिसकर्मियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा पटना में मद्यनिषेध उत्पाद और निबंधन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में मूख्यमंत्री ने कहा कि शराब का अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी चौकीदारों को स्थानीय स्तर पर एक एक चीज की जानकारी होती है ऐसे में गड़बड़ी पाये जाने पर चौकीदारों पर भी सख्त कार्रवाई की जायेगी पटना सहित राज्य के कई जिलों में कल रात नौ बजकर चौबीस मिनट पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किये गये छह से सात सेकेंड तक भूकंप के झटके महसूस किये गये भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर तीन दशमलव पांच बतायी जा रही है भूकंप का केन्द्र नालंदा के नगरनौसा में जमीन से पांच किलोमीटर नीचे रहा राज्य के एक हजार पांच सौ ग्यारह प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चुनाव के लिये मतदान छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिप्रर्वक सम्पन्न हो गया सैंतीस जिलों में हुए पैक्स चुनाव में साठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया मतदान की समाप्ति के तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू हो गयी कुछ नतीजे देर रात घोषित कर दिये गये हैं वहीं राज्य के कुछ अन्य पैक्स समितियों के लिये अठारह फरवरी को मतगणना होगी प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आठ सौ मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र का गठन किया जायेगा निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बार सौ मतदाता हर बूथ पर बढ़ाये गये हैं पंचायत चुनाव को लेकर सभी बूथों के अंतिम सूची का प्रकाशन दो मार्च को होगा केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है राजमार्गो के टोल प्लाजा पर सभी लेन कल आधी रात से फास्टैग लेन घोषित हो गए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम दो हजार आठ के अनुसार बिना समुचित फास्टैग के किसी टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में प्रवेश करने पर वाहन को निर्धारित शुल्क से दोग्ना भूगतान करना होगा फास्टैग एक आर एफ आई डी टैग है जिसे भूगतान माध्यम से जोड़ा गया है और इसे किसी वाहन के विंडस्क्रीन पर आसानी से चिपकाया जा सकता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कल से आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि चौबीस फरवरी तक चलने वाली परीक्षा में सोलह लाख चौरासी हजार चार सौ छियासठ परीक्षार्थी शामिल होंगे उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हये परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गयी है इस बार राज्यभर में एक हजार पांच सौ पच्चीस परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया गया है बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि प्रवेश पत्र में फोटो संबंधी त्रटि होने पर आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत छह अन्य फोटोयूक्त दस्तावेज के आधार पर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा समिति के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इंटर परीक्षा का मूल्यांकन अठाईस फरवरी से आठ मार्च और मैट्रिक परीक्षा का मूल्यांकन पांच मार्च से किया जायेगा ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा अर्चना आज पारम्परिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ की जा रही है माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाना वाला यह पर्व बसंत ऋत् के आगमन का भी प्रतीक है कोरोना महामारी से राहत के कारण लंबे समय बाद किसी पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है पूजा को लेकर शैक्षणिक संस्थानों में छात्र छात्राओं के बीच उल्लास का माहौल देखा जा रहा है कई जगहों पर पंडालों में मॉ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इधर सरस्वती पूजा को लेकर कोरोना संक्रमण के सभी मानक को पालन करने का निर्देश दिया गया है साथ ही शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरे प्रदेश में दो कंपनी अर्द्वसैनिक बल तैनात किये गये हैं

एसटीएफ की विशेष टीम ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के पूर्व क्षेत्रीय कमिटी सदस्य रामएकबाल मोची उर्फ स्वदेशी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली पटना के मसौढ़ी का रहने वाला है इसके खिलाफ पटना अरवल औरंगाबाद गया और नवादा में कई मामले दर्ज है

कर्नाटक में उन्नीस से इक्कीस फरवरी तक आयोजित होने वाली सत्रहवीं राष्ट्रीय माउंटेन साईकिलिंग के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है तीन दिवसीय इस चैम्पियनशिप के लिए राज्य के विभिन्न आयु वर्ग के छह खिलाड़ियों का चयन किया गया है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 वाट्सएप और फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिशी की खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा वाट्सएप फेसब्रक और डेटा शेयरिंग को लेकर पॉलिसी स्पष्ट करनी चाहिए न्यायालय ने केन्द्र वाट्सएप और फेसबुक से चार हफ्ते में मांगा जवाब हिन्दुस्तान की सुर्खी है पैक्स चुनाव में साठ फीसदी मतदान दैनिक जागरण शीर्षक है पटना समेत कई जिलों में भूकंप के झटके दहशत में रहे लोग दैनिक आज लिखता है सेंट्रल सहित चार बैंक होंगे प्राइवेट

सहयोगी शिक्षक को सश्रम उम्र कैद और अर्थदंड की सजा

और आज बसंत पंचमी है